संसद सत्र केन्द्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कल ब्रुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सदन के सुचारू संचालन के लिये पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस बैठक में भाग लिया एक द्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओ और सांसदों के साथ विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद का यह सत्र उपयोगी रहेगा क्योंकि इसमें लोगों से जुड़े और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी

राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कल शहडोल में पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि समय की मांग के अनुसार विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये निरंतर प्रयास किये जायें उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा कि नेक ग्रेडिंग में सफल होने के लिये अभी से तैयारी शुरू करें लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं

राफेल प्रदर्शन प्रदेश में भी कल भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान पार्टी ने राफेल सौदे पर मोदी सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग की आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के छावनी नाका चौराहे पर प्रदर्शन कर कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया खंडवा में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंदकुमार सिंह चौहान की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया शिवपुरी सतना भिण्ड मुरैना विदिशा दतिया डिण्डौरी उज्जैन रायसेन बैतूल सीहोर देवास टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित सभी जिलों में भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया शिखर सम्मान राज्य सरकार के शिखर सम्मानों का अलंकरण समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जायेगा संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों को प्रतिष्ठा सम्मानों से अलंकृत करेंगी

ये सम्मान हिन्दी साहित्य उर्दू साहित्य संस्कृत साहित्य शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत रूपंकर कलाएं नाटक आदिवासी एवं लोक कलाओं और दुर्लभ वाद्य वादन के क्षेत्र में प्रदान किये जाएंगे

नाथ जन्मदिन कल मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्म दिवस है इस अवसर पर उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार के बैनर पोस्टर होर्डिंग्स फ्लेक्स आदि नहीं लगाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग संस्थाएँ और कार्यकर्ता इस तरह के प्रचार से दूर रहें

सागर जिले में उर्वरक अधिनियम के तहत अवैध उर्वरक निर्माण भण्डारण एवं विक्रय पर एक फर्म के संचालक के विरूद्व बहेरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई

कार्यशाला माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कल इंदौर जिले में एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इसमें जिले के सभी एसडीएम पुलिस अधिकारी और अनुभाग स्तर पर नियुक्त सुलह अधिकारी शामिल होंगे इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन क्षेत्रों में सुलह पैनल गठित नहीं हैं उसके लिए भी चर्चा होगी ओलंपिक इंदौर में कल से गुरू नानकदेवजी प्रांतीय ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

प्रतियोगिताएं शहर के अलग अलग खेल मैदानों पर आयोजित होगी

उधर खंडवा में भी कल से प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकासखंड एवं जिलास्तर पर किया जायेगा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

इस दौरान उन्होंने जुंआ सट्टा और अवैध शराब पर सख्ती से कार्यवाही के निर्देश दिये

इसके रखरखाव और भुगतान की व्यवस्था की गई है